इसके बाद वे लोगों से जनसंवाद करेंगे

नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में रक्षा सचिव ने कहा कि एनसीसी कैडेट ने कोरोना योद्वाओं के रूप में कोविड महामारी के दौरान इससे निपटने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करके निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दीं एनसीसी कैडेट और इससे जुड़े अधिकारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मानिर्भर भारत और फिट इंडिया जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर आज सोलन सब्जी मंडी के समीप नवनिर्मित आश्रय गौ सदन का निरीक्षण करेंगे इस दौरान वे गौशाला में स्थापित राधाकृष्ण मंदिर का शुभारंभ करेंगे व लोगों की जनसमस्याएं भी सुनेंगे साईकिल रैली भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राजधानी शिमला में आज सुबह साईकिल रैली का आयोजन किया गया इसका उद्देश्य योनो एसबीआई की तीसरी वर्षगांठ मनाना और फिट इंडिया अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करना है पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह रैली काइस्ट चर्च रिज से शुरू हुई जो कोटि रिजॉर्ट मशोबरा में समाप्त होगी

वहीं कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थी भी बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में बैठेंगे